आकाशवाणी ईटानगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट किसानो और कामगार वर्गो के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है पश्चिम बंगाल में ठाकुरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों के ऋण माफ करने के झूठे दावे कर रहा है उन्होंने कहा कि ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखो में ध्रल झोकने का प्रयास है केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने विकास के लाभ समाज के सभी वर्गो तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है कल आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट वार्ता में श्री गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार मध्यवर्ग का सम्मान करती है और बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके परिवार का बजट नियंत्रण में रहे उन्होंने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ मुहिम से सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ा है दो हजार उन्नीस बीस के अंतरिम बजट पर विभिन्न वर्गो ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि बजट में कर छूट से उद्योग जगत को मदद मिलेगी भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने बजट को अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताया अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष विजय कलांत्री ने कहा कि भवन निर्माण क्षेत्र के लिए राहत उपायों और आयकर सीमा बढ़ाए जाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने भी फिल्मो की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो मंजूरी और पायरेसी पर नियत्रंण के लिए कैमकॉर्डिंग रोधी बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है मीडिया कंपनी वायकॉम अटठारह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स ने कहा कि कारोबार करना आसान बनाने के प्रस्तावों से उद्योग में तेजी से वृद्धि होगी नाबार्ड प्रमुख एच के भानवाला ने कहा कि किसानो की आय बढ़ाने के उपायों से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी क्योकि किसान राहत राशि का उपयोग बीज उर्वरक और क्रषि उपकरण खरीदने के लिए कर सकेंगे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि अंतरिम बजट विकास को बढ़ावा देने वाला है और इससे मध्यवर्ग की क्रयशक्ति बढ़ेगी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के अंतरिम बजट की प्रशंसा करते हुए इसे जनता का बजट बताया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा संसद में पेश किया गया बजट गरीबो किसानो मजदूरो कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगो के हित में है

इसके तहत जन संपर्क यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेण रिजिजू राज्य के पर्यटन मंत्री जरकर गामलिन और विधान सभा उपाध्यक्ष तुमके बागरा उपस्थित थे श्री खांडू ने कहा कि राज्य स्थापना के बाद से सरकार वर्तमान समय में जनता के सबसे अधिक करीब है उन्होंने कहा कि इस अभियान से सरकार की योजनाओ की जानकारी जन जन तक पहुँच रही है और सरकार आपके द्वार शिविर में लोगो के नजदीक सरकारी कार्यालय पहुँच रहे है तथा जनता इसका लाभ उठा रही है मुख्यमंत्री ने आज न्योराक कोदुम निकटे और निगमोयी आलो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को जनता को समर्पित किया उन्होंने बताया कि राज्य में चार सौ चालीस करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओ पर कार्य चल रहा है और छह सौ करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओ को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है मुख्यमंत्री ने सियांग बेल्ट के लिए एक अलग एयरपोर्ट और डिविजनल कमिश्नर सेन्ट्रल की स्थापना का आश्वासन दिया

उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने श्री शुक्ला की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है श्री ऋषिकुमार शुक्ला मध्यप्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक रह चुके है अंजाव जिला मुख्यालय हवाई में आज विवाह के पंजीकरण कानूनी सहायता मातृत्व लाभ अधिनियम बाल और बधुआ मजदूरी घरेलू हिंसा बहु विवाह महिलाओ का संपत्ति में अधिकार किशोर न्याय मादक पदार्थ केंसर सहित कई महत्वपूर्ण विषय पर कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से जिला प्रशासन और ऑल मिसमी कल्याण सोसायटी द्वारा आयोजित इस शिविर में महिलाओ और बच्चो के कल्याण से जुड़े कानूनी सहायता के विविध पहलूओ पर जानकारी दी गयी इस अवसर पर महिला आयोग की अध्यक्ष राधेलू चाई तेची ने जिले के महिलाओ से स्व सहायता समूहो का गठन कर आर्थिक रुप से मजबूत बनने को कहा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

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दश दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार